मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण और वर्षा ऋतु में संचारी रोगों के प्रसार के मद्देनजर स्वच्छता के लिये प्रभावी कार्रवाई करने के दिये निर्देश राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने किसानों के घर के निकट मिट्टी के नमूनों की निशुल्क जांच के लिए पांच मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कीं शुरू देश में कोविड नाइन्टीन से तीन लाख इक्कीस हजार से अधिक रोगी हुए ठीक प्रदेश में पन्द्रह हजार पांच सौ छः कोरोना के मरीज हुए स्वस्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चार बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के बाद कुछ और रियायतों के साथ कल से इसका दूसरा चरण शुरू होगा पहले अनलॉक की रियायतों का ऐलान केंद्र सरकार ने आठ जून को किया था केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में और गतिविधियां चालू करने के लिए अनलॉक दो के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं यह दिशानिर्देश एक जुलाई यानी कल से लागू होंगे इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन इकत्तीस जुलाई तक कड़ाई से लागू रहेगा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि जारी किए गए दिशानिर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिली जानकारी पर आधारित हैं और इनके लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से गहन सलाह मशवरा किया गया है अनलॉक दो के नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत मेट्रो रेल सेवा सिनेमाघरों का संचालन स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार ऑडिटोरियम सभागार और ऐसे स्थानों को नहीं खोला जाएगा इसी तरह से सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन शैक्षणिक सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और अन्य बड़ी सभाओं की भी अनुमति नहीं होगी मंत्रालय ने कहा कि इन सबको चालू करने के लिए तारीखों का ऐलान स्थिति के आकलन के आधार पर बाद में किया जाएगा दिशानिर्देशों के अनुसार इनके अलावा बाकी सभी गतिविधियों की कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर अनुमति होगी मंत्रालय ने कहा कि स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं को इकत्तिस जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है वंदे भारत मिशन के अंतर्गत यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की सीमित छूट दी गई है कंटेनमेंट क्षेत्रों के बारे में संबंधित जिला कलेक्टरों और राज्यों की वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी

कंटेनमेंट क्षेत्रों की गतिविधियों की राज्य के अधिकारी कड़ी निगरानी करेंगे आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वच्छता के मामले में कोई भी शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिये उन्होंने कोरोना संक्रमण और वर्षा ऋत् में संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के मद्देनजर सभी आवश्यक प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिये हैं श्री योगी कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद गौतमबुद्ध नगर गाजियाबाद के साथ ही मेरठ मंडल में पूरी सतर्कता बरती जाये उन्होंने कोविड चिकित्सालयों में व्यवस्थाओं को चुस्त दुरूस्त रखने के निर्देश दिये और कहा कि कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में तैनात शासकीय कर्मियों द्वारा संक्रमण से बचाव के लिये विशेष सावधानी बरती जाये उन्होंने कोरोना टेस्टिंग सुविधाओं में लगातार वृद्वि के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने एक जुलाई से इकत्तीस जुलाई तक राज्य में संचालित किये जाने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा के दौरान कहा कि लोगों को संचारी रोगों से बचाव के लिये व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये उन्होंने फागिंग तथा एन्टी लार्वा रसायनों का छिड़काव प्रभावी ढंग से करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के निर्देश दिये भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए लेपिटनेंट जनरल स्तर की वार्ता का एक और दौर आज आयोजित करेंगे इस बैठक में संवेदनशील क्षेत्र में सेनाओं के उलझाव को दूर करने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा लेप्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता के इस तीसरे दौर के बारे में सूत्रों ने बताया है कि यह चुशूल सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में होगी बैठक सुबह साढे दस बजे शुरू होने की संभावना है भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व चौदहवीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेन्दर सिंह करेंगे जबकि तिब्बत मिलिट्री जिले के कमांडर द्वारा चीनी पक्ष का नेतृत्व करने की संभावना है इससे पहले हुई दो बैठकें मोल्दो में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ वाले इलाके में हुई थीं बाईस जून को हुई दूसरी बैठक में दोनों पक्षों के बीच पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के सभी स्थानों में सेनाओं का उलझाव दूर करने के बारे में आम राय बनी थी हमारे संवाददाता ने सरकारी सुत्रों के हवाले से खबर दी है कि दोनों पक्षों के बीच छ जून को हुई लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की पहले दौर की वार्ता में हुए समझौते को लागू करने के बारे में भी विचार विमर्श होने की संभावना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल नियुक्त किया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लाल जी टंडन इस समय अवकाश पर हैं श्री लाल जी टंडन की अनुपस्थिति में श्रीमती पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने किसानों को उनके घर के पास ही मिट्टी के नमूनों के निःशुल्क परीक्षण के लिए पांच चलती फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की हैं इनसे देश में मिट्टी के परीक्षण की सुविधाओं का विकास होगा और किसानों को उवर्रकों के उपयुक्त उपयोग की प्रेरणा मिलेगी राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वीएन दत्त ने कल नोएडा में कपनी के कारपोरेट कार्यालय से पहली मोबाइल प्रयोगशाला को झंडी दिखाकर रवाना किया केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उदयोग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कल सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रमों को संगठित क्षेत्र में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है श्रीमती बादल ने इस अवसर पर कहा कि इस केन्द्र प्रायोजित योजना से पैंतीस हजार करोड़ रूपये का निवेश होगा और नौ लाख कुशल तथा अर्द्धकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा श्रीमती बादल ने सभी राज्यों और निवेशकों से अपील की है कि मौजूदा चुनौतियों को देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अवसरों में बदला जाए उन्होंने वीडियो काफ्रेस में कहा कि शुरू से ही देश के कोने कोने तक आवश्यक वस्तुएं खासतौर से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयास के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन सफल रहा श्रीमती बादल ने बैठक में शामिल सभी लोगों से आत्मनिर्भर बनने और स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने के प्रधानमंत्री के अनुरोध का पालन करने को कहा केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आत्मनिर्मर भारत ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की गारंटी है श्री नकवी कल रामपुर में केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पी एम जे वी के के तहत बान्नबे करोड़ रूपये की लागत वाले बहदेश्यीय सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास कर रहे थे इस मंडप में कौशल विकास का प्रशिक्षण विभिन्न आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक खेलकूद आपदा राहत व्यवस्था सहित अन्य गतिविधियां आयोजित हो सकेंगी श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार समावेशी सर्वस्पर्शी विकास के संकल्प वाली सरकार है उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक शैक्षिक सामाजिक और रोजगार परक गतिविधियों के लिये बड़ी संख्या में अवस्थापना का निर्माण कराया है श्री नकवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन विभिन्न परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया है देश में तीन लाख इक्कीस हजार सात सौ तेईस कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं पिछले चौबीस घंटे में बारह हजार दस रोगी ठीक हुए हैं और अब स्वस्थ होने की दर अट्ठावन दशमलव छह सात प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में उन्नीस हजार चार सौ उन्सठ लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या पांच लाख अड़तालिस हजार तीन सौ अट्ठारह हो गई है दनिया भर में कोरोना के कल मरीजों की संख्या एक करोड़ को पार कर गई है इनमें से लगभग पांच लाख लोगों की कोविड से मौत हुई है कोरोना के कुल मरीजों में से आधी संख्या अमरीका और यूरोप के मरीजों की है प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का आंकड़ा बाईस हजार प्रतिदन को पार कर गया है मुख्यमंत्री ने जल्द ही पच्चीस हजार जांच प्रतिदिन करने के लिये आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटों में छः सौ पचासी नये कोरोना रोगी चिन्हित किये गये हैं और अब क्ल संक्रमितों की संख्या बाईस हजार आठ सौ अट्ठाईस हो गई है